वे कल शिमला में पांच हिमालयी राज्यों की ग्राम पंचायत विकास योजना विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे वीरेंद्र कंवर ने कहा कि योजना को सफल बनाने में ग्राम सभा की अहम भूमिका है और पंचायतों में ग्रामसभा जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं कार्यशाला में हिमाचल सहित अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर सिक्किम और उत्तराखंड के एक सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह कानून उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता की दिशा में एक बड़ा कदम है उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संजय करोल को कल गरिमापूर्ण विदाई दी गई इस मौके पर फुल कोर्ट रिफरेंस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने की उन्होंने न्यायाधीश संजय करोल द्वारा हर वर्ग विशेष तौर पर गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिये किये गए प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थान देश में सबसे बेहतरीन है न्यायाधीश संजय करोल कल त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे ग्रिड राज्य सरकार छत पर लगने वाले ग्रिड से जुड़े सोलर पॉवर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा मेलों का आयोजन करेगी

मेलों के दौरान प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को इन संयंत्रों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल पुलिस में भर्ती होंगे एक हजार कांस्टेबल दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पुलिस को मिलेंगे एक हजार जवान दैनिक जागरण लिखता है एक हजार पुलिस कर्मचारियों की होगी भर्ती जबकि आपका फैसला का शीर्षक है पुलिस में एक हजार जवानों की भर्ती जल्द पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने पर विचार करेगी हिमाचल सरकार दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक सूबे में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने की कवायद अजीत समाचार का कहना है नशे के खिलाफ चलाया जाएगा प्रदेश व्यापी अभियान

अब शिमला से मनाली और चंडीगढ़ के लिये जल्द शुरू होगी हेली सर्विस शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है केन्द्र ने बद्दी कंगनी धार में हेलीपोर्ट की शर्त हटाई इसी पत्र के अनुसार ब्रेकल पर दर्ज होगी एफआईआर सरकार की विजिलेंस को मंजूरी अमर उजाला के मुताबिक ब्रेकल कॉरपोरेशन पर एफआईआर की तैयारी अमर उजाला की एक खबर है स्कूल वर्दी आबंटन में देरी पर हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस मौसम से जुड़ी खबर पर आपका फैसला ने लिखा है रोहतांग में बर्फबारी हाई अलर्ट अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय पर्यटन के लिये में लिखा है कि हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाएं बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने से ही सुखद परिणाम सामने आएंगे हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय रेलवे बोर्ड की सकारात्मक पहल में कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाईन पर स्थित सभी स्टेशनों पर सोलर लाईट लगाने के फैसले की सराहना की है